मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहारों के मददेनजर राज्य में बिजली की सुचारू व्यवस्था रखी जाये प्रदेश में दाल और सब्जी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री न प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये जिसस आम जनता को खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में एक सौ रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थीं दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों से जुड़े हुए थे और उनका जीवन जनसेवा में लगा था प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता उन व्यक्तित्वों में से एक थीं जिन्होंने पिछलो सदी में भारत को दिशा दी और भारतीय राजनीति के हर महत्वपूर्ण दौर को देखा बाइट भारत को दिशा देने वाले कुछेक व्यक्तित्वों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी शामिल थीं राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी वो एक निर्णायक नेता थीं और कुशल प्रशासक भी थीं स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की वो साक्षी रही हैं आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि राजमाता की जीवन यात्रा को उनके जीवन संदेश को देश की आज की पीड़ी भी जाने उनसे प्रेरणा लें उनसे सीखें

ये नियुक्तियां माननीय सवाच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के अनुपालन में की जा रही हैं और यह न्यायालय में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन होंगी

उन्होंने बताया कि नये प्रस्तावों का उद्देश्य एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस देकर मांग को बढाना है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

केन्द्र सरकार कोविड उपचार में बड़ी आबादी को कवर करने के लिए एक से अधिक वैक्सीन के उपयोग पर विचार कर रही है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक देशवासी को संक्रमण से बचाने के लिए एक से अधिक वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क करना होगा

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में सभी कोविड वैक्सीन परीक्षण के पहले दूसरे या तीसरे चरण में हैं और परिणामों की प्रतीक्षा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से त्योहारों के दौरान आवश्यक ऐहतियातो उपाय बरतने का आग्रह किया उन्होंने लोगों से त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में एकत्र होने से बचने और मंदिरों में भी मास्क का उपयोग करने को कहा बाइट सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं सामान्य रूप से वायरस ठंड और श्रृष्क जलवायू में लंबे समय तक जीवित रहते हैं इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रमुख है इसके अलावा कोरोना के चार अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते हैं इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें

नये रोगियों के मुकाबले कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी जारी है

प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है और यह दर नवासी दशमलव सात प्रतिशत पहुंच गई है

अपने सम्बोधन के माध्यम से श्री पाल ने हाल ही में संसद द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयक के बारे में वास्तविक जानकारी किसानों को दी उन्होंने कहा कि नये कानून के आने से किसानों को अपना उत्पाद देश के किसी भी कोने में बेचने की स्वतंत्रता होगी और किसान अपना उत्पाद अपने द्वारा सुनिश्चित किये गये दाम पर भी बेंच सकेंगे

उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाये जा रहे गलत आरोपों की निंदा की

अब तक कुल चार पर्चे दाखिल किये गये हैं

प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी आपदा को अवसर में बदलने की रणनीति के सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गये हैं सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि बहुराष्टोय फूड और बवरेज कम्पनी प्रदेश में आठ सौ चौदह करोड़ रूपये के निवेश से एक नवीन ग्रीन फील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करेगी यह इकाई मथुरा जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई पैतीस एकड़ जमीन पर स्थापित कराई जायेगी